मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस अंशदान को कर्मचारी के आधार नम्बर से जुडे भविष्य निधि खाते में इलेक्ट्राॅनिक तरीके से जमा करेगा मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाई फाई स्विधा प्रदान करने के लिए डेटा कार्यालयों के माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बिना सार्वजनिक वाई फाई नेटवर्क लगाने को भी मंजूरी दे दी है द्रसंचार और सूचना प्रोदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सार्वजनिक वाई फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के रूप में जाना जाएगा

आज हई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया

उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है

इसमें लोडिंग और विक्रमों पर जागरूकता के पोस्टर लगाकर शहर में जगह जगह कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस ए म्रुगेशन समेत अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड उतराखंड चाय विकास बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पिलख्वाल ने कहा है कि प्रदेश की चाय का देश में विशेष स्थान बनाये रखने का प्रयास किया जाएगा उन्होंने बताया कि कौसानी में चाय फैक्ट्री का विवाद चल रहा है

किसान यूनियन सीएम म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक निर्णय लिये गये हैं कल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया

इससे उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली पानी सहित कृषि सम्बन्धी कार्यो में आवश्यक सहयोग के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं बंशीधर भगत कषि कानन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि किसानों के बजाए विपक्षी दल निजी स्वार्थ के चलते आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार ने संसद में तीन अति महत्वपूर्ण कृषि विधेयकों को पारित किया है लेकिन विपक्ष इसको लेकर किसानों के बीच झूठ फैला रहा है

देशभर के किसान इन कानूनों से लाभान्वित हो रहे हैं इनके बारे में कई तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं जबकि किसान इन क़ानूनों से ख़ुश हैं सुनिए उधमसिंह नगर जिले के किसान कुंवर पाल सिंह का अनुभव

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए इन मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सुविधाओं का व्यवस्थित होना आवश्यक है श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान म्ख्यमंत्री ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का आंकलन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध करने के निर्देश दिये उन्होंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को स्पर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने इसके लिये भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान देने को कहा खादय पदार्थ जांच रिपोर्ट बागेश्वर जिले के काफलीगौर में एक दुकान से लिए गए खोये की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी ने द्कानदार सहित वाहन चालक और सप्लायर को नोटिस जारी किया है दीपावली पर्व के दौरान काफलीगौर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और प्लिस की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया था अभियान के दौरान दुकान से खाद्य पदार्थ खोये के सैंपल लिए गए जिन्हें जांच के लिए राज्य खादय एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया था नमूने के परीक्षण के बाद प्रयोगशाला ने माना की खाद्य पदार्थ खोया मानकों के अन्रुप नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है रिपोर्ट आने के बाद खाद्य स्रक्षा अभिहीत अधिकारी ने द्कानदार वाहन चालक और नोटिस भैज दिया है अब जिलाधिकारी की कोर्ट में इन पर मामला चलाया जाएगा क्यूआरटी टिहरी टिहरी जिले की ग्राम पंचायत मठियाली में क्विक रिस्पॉन्स टीम क्यूआरटी कैम्प म्ख्य विकास अधिकारी अभिषेक रूहेला की अध्यक्षता में आयोजित हुआ